छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज एक रैली को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि ऋण माफी का रास्ता अपनाया है श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने निर्धनों को गरीबी से लड़ने के लिए सशक्त बनाया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस की योजना से सभी किसानों को लाभ नहीं मिल सकता

यह योजना चुनावी मुद्दा नहीं है और भाजपा की योजना से हर साल किसानों को लाभ मिलेगा बाईट प्रधानमंत्री राहल जनआभार किसान और नौजवान हमारे मालिक हैं और कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री यह ना भूले यह बात कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज भोपाल के जंब्री मैदान में आयोजित जनआभार रैली को संबोधित करते हये कही इस सम्मेलन में खासतौर से राज्य के हजारों किसानों को आमंत्रित किया गया था राज्य के विभिन्न अंचलों से कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीण किसान और अन्य लोग इसमें शामिल हये कांग्रेस अध्यक्ष ने विधानसभा चूनाव में कांग्रेस की जीत पर जनता का आभार व्यक्त करते हये कहा कि आज हम यहां सिर्फ आपकी वजह से खड़े हुये हैं

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया कि उनकी पार्टी अगर केन्द्र की सत्ता में आई तो गरीबों को गारंटी इनकम देगी श्री गांधी ने प्रदेश के हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने का भी वादा किया

गौरतलब है कि श्री कुसमारिया ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद दमोह और पथरिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था कुलाधिपति त्यागपत्र कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति प्रो एसएस पांडेय द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र स्वीकृत कर लिया है राज्यपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कला संकाय के अध्यक्ष डॉ बालकृष्ण शर्मा को आगामी आदेश तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के आदेश दिये हैं गौरतलब है कि प्रो पांडेय ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था

इसके लिये आवश्यक तैयारियाँ शुरू हो गयी हैं राजस्व मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने राज्य सरकार के वचन पत्र में किये वादे के अनुरूप प्रदेश में राजस्व अदालत आयोजित करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है राजस्व लोक अदालतों में निराकरण के लिये लगभग ढ़ाई लाख राजस्व प्रकरण चिन्हित किये गये हैं

कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज भर्ती रैली की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि पूर्व में जो जिम्मेदारी दी गई थी उसके अनुसार काम करें इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

रीवा सीधी सिंगरौली अनूपपुर उमरिया सहित शहडोल जिले में इन मच्छरदानियों को बांटा जाना है मच्छरदानियों की क्वालिटी को जांचने के लिये चेन्नई से क्वालिटी कंट्रोलर की दो सदस्यीय टीम आई थी जिसकी रिपोर्ट सकारात्मक आई है

जिले में सबसे अधिक मलेरिया प्रभावित गांव ब्योहारी विकासखण्ड में है

शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई जिससे मौसम ठंडक महसूस की जा रही है

विभाग के अनुसार फिलहाल तीन से चार दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा

खंडवा जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक लोकेन्द्र सिंह तोमर का आज मुम्बई में इलाज के दौरान निधन हो गया नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने श्री तोमर के निधन पर शोक व्यक्त की है

रायसेन जिले में निर्वाचन संबंधी काम में लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर ने तीन उपयंत्री और चार भृत्यों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है

इस मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है

अशोकनगर में आज शासन की बाल कल्याण समिति द्वारा एक निजी विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

शिवपुरी पुलिस अधीक्षक ने आज कंट्रोल रूम में आयोजित एक बैठक में अपराध नियंत्रण की समीक्षा की